इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि किसी भी तरह की कोताही न बरतें

स्रक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

पीएम सीडीएस प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली में म्लाकात कर सशस्त्र बलों दवारा कोरोना महामारी से निपटने की दिशा में किये जा रहे प्रयासों और तैयारियों की जानकारी दी श्री रावत ने प्रधानमंत्री को बताया कि पिछले दो वर्ष के दौरान सशस्त्र बलों के सेवानिवृत्त या समय से पूर्व सेवानिवृत्ति लेने वाले सभी चिकित्सा कर्मियों को उनके वर्तमान निवास स्थान के निकट के कोविड अस्पतालों और अन्य सुविधाओं में सेवा देने के लिए वापस ब्लाया जा रहा है इसके अलावा कमान मुख्यालय कोर मुख्यालय डिवीजन मुख्यालय नौसेना और वाय् सेना मुख्यालय में निय्क्त सभी चिकित्सा अधिकारियों की अस्पतालों में प्रतिनिय्क्ति की जाएगी विभिन्न प्रतिष्ठानों में सशस्त्र बलों के लिए उपलब्ध ऑक्सीजन सिलेंडर भी अस्पतालों के लिए उपलब्ध किए जा रहे हैं

सरकार ने राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि तरल ऑक्सीजन का इस्तेमाल विशेष तौर पर चिकित्सा उद्देश्यों के लिए ही किया जाना चाहिए देश में चिकित्सा ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने के लिए ऑक्सीजन के उपयोग के संबंध में नौ उद्योगों को दी गई छूट वापस ले ली गई है केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के म्ख्य सचिवों को इस संबंध में पत्र भी लिखा है श्री भल्ला ने ऑक्सीजन उत्पादन इकाइयों से अधिक से अधिक उत्पादन करने तथा इसे सरकार को उपलब्ध कराने को कहा है

मुरैना में कोरोना मरीजों के लिये दो दिन बाद ऑक्सीजन की सप्लाई सहज होने की संभावना दिखाई दे रही है जिला चिकित्सालय में स्थापित किया रहा ऑक्सीजन प्लांट आगामी दो दिन बाद अपना उत्पादन श्रू कर देगा

शिवप्री जिले में पिछले क्छ दिनों से लगातार कोरोना पॉजिटिव केस सामने आने के बाद जिला प्रशासन के द्वारा शिवप्री जिले में कोरोना कर्फ्यू जारी है जिसमें बाजार में द्कानें बंद रखा जा रहा है

वॉलेंटियर्स पंजीयन का कार्य अभी चल रहा है

अधिकतर जिलों में योग से निरोग अभियान के अंतर्गत प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया है आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से योग से निरोग अभियान की समीक्षा करते हए म्ख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि योग कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है होम आइसोलेशन में संक्रमितों के लिए योग से निरोग अभियान रामबाण उपचार साबित हो सकता है श्री चौहान के कहा कि योग की जानकारी देकर रोगियों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करें और उनका मनोबल बढ़ायें मंदसौर प्लिस लाइन में जिले के प्लिस कर्मियों को योग सिखाया गया

इस केंद्र में नागरिक अपने दो पहिया और चार पहिया वाहन से उतरे बिना ही अपनी कोविड जांच करवा सकेंगे

नागरिकों को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पंजीयन करवाना होगा

यहाँ अत्याध्निक स्वास्थ्य संसाधनों के साथ मेडिकल विशेषज्ञों की टीम मौजूद रहेगी चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने आज इसका निरीक्षण किया

इन दोनों नदियों में मल जल को मिलने से पूरी तरह रोक दिया गया है जिसके कारण इन नदियों में अब स्वच्छ जल प्रवाहित हो रहा है इसके अलावाउन नालों के किनारे भी पौधरोपण होगा जिन्हें अब सूखे मैदान में तब्दील कर दिया गया है

मौसम प्रदेश में गर्मी ने अपने तेवर दिखाने श्रू कर दिए है वर्तमान में कोई भी सिस्टम सक्रिय नहीं होने से हवा में नमी कम हो गई है और धीरे धीरे तापमान में बढ़ोत्तरी होने लगी है

आईपीएल क्रिकेट आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद में पंजाब किंग्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा मैच शाम साढे सात बजे से शुरू होगा कल रात दिल्ली कैपिटल्स ने सनराईजर्स हैदराबाद को रोमांचक स्पर ओवर में हरा दिया